मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कल मंत्रालय में मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हलपमेंट कंपनी के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार ने प्रदेश के सात नगर निगमों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया है स्मार्ट सिटी उमरिया जिले की चंदिया नगर परिषद को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा जिला कलेक्टर ने कल बताया कि चंदिया नगर मे मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत टाउन हाल महिलाओं एवं युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र पेयजल आपूर्ति सडक निर्माण और सुलभ शौचालय जैसी सुविधाये उपलब्ध कराई जायेंगी

उपभोक्ता संरक्षण प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण के लिए ग्रामीण सशक्तिकरण और जिलास्तर पर उपभोक्ता क्लब और उपभोक्ता मित्र योजना लाग की गई है यह जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने केंल भोपाल में हुई बैठक में देते हुए बताया कि इन योजनाओं के सार्थक कियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा

इसके लिए सतर्कता समितियां गठित की जायेंगीं जो ग्राम पंचायतों ग्रामसभाओं और हाट बाजारों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण के बारे में जागरुक करेंगी कमलनाथ अस्पताल मुख्यमंत्री कमलनाथ के हाथ की उंगली की सर्जरी आज भोपाल स्थित शासकीय हमीदिया अस्पताल में सफलता नवनीतक हई गौरतलब है कि श्री नाथ कल शाम को अस्पताल पहुंचे थे जहां सर्जरी के पहले की आवश्यक जांच हई थीं

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन स्थानों पर चिकित्सकीय अपशिष्टों का परिवहन करने वाले आठ सौ से अधिक वाहनो में जीपीएस उपकरण लगाये गये हैं

पत्रकार जांच सागर जिले के शाहगढ़ में पत्रकार चकेश जैन की जलने से हुई मौत के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है ये बात सागर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सतीश सक्सेना ने कल छतरपुर में कही उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही कार्यवाही की जायेगी उन्होंने बताया कि घटना के चश्मदीदों के बयानों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और पूरे मामले की फोरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा बारीकी से जांच कर सबूत जुटाये जा रहे हैं केन्द्रीय सहायता वित्त मंत्री तरूण भनोत ने केन्द्र सरकार से गौ संवर्धन और गौशालाओं के संरक्षण के लिए एक मुश्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है उन्होंने भारत सरकार द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त सेस अथवा सरचार्ज से प्राप्त राजस्व संग्रहण को राज्यों के डिवाल्यूशन में सम्मिलित करने का अनुरोध भी किया श्री भनोत नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में प्रदेश का पक्ष रख रहे थे किकेट आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज साउथम्पटन में भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा मैच दिन के तीन बजे शरू होगा आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल दिन के ढाई बजे से उपलब्ध रहेगा वहीं मैनचेस्टर में खेले जाने वाले एक अन्य मैच में शाम छह बजे वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा